विधेयक पेश करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है इसलिए भारतीय संसद राज्य के बारे में कानून बनाने में सक्षम है इस संबंध में नियमों का उल्लंघन किये जाने के कांग्रेस के आरोपों का उत्तर देते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाना बंद करना चाहिए और जम्मू कश्मीर को लेकर अपना रवैया स्पष्ट कर देना चाहिए गृहमंत्री ने इस बारे में लोकसभा में नियमानुसार स्थिति की भी जानकारी दी उन्होंने कहा कि कोई भी जम्मू कश्मीर के बारे में कानून बनाने से हमें नहीं रोक सकता

सदन में विधयेक पर दिनभर चली बहस का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह निर्णय कर राजनीतिक इच्छाशक्ति और साहस का परिचय दिया

उन्होंने कहा कि तत्कालीन समय में यदि सेना को छूट दी गयी होती तो आज पाक अधिकृत कश्मीर नहीं होता श्री शाह ने कहा कि उचित समय आने पर और परिस्थिति सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जायेगा

कांग्रेस ने भले ही राज्य सभा में इस निर्णय का विरोध किया लेकिन राज्य के कुछ नेताओं ने इसका समर्थन किया है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसे देश की आजादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय करार देते हुए कहा है कि यह निर्णय इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय है पूर्व केन्द्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने कि यह कश्मीरियत जम्हरियत और इंसानियत की जीत है जिस पर हमें नाज है उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह निर्णय दृढनिश्चय और भारत को एकसूत्र में पिरोने वाला एक ऐतिहासिक कदम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट के माध्यम से कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की कथित गिरफ्तारी की आलोचना की और कहा कि इसे टाला जा सकता था उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि एक प्रगतिशील और जीवंत लोकतंत्र होने के नाते कश्मीर के मुददे पर सभी राजनीतिक दलों और स्थानीय प्रतिनिधियों को साथ लिये जाने की जरूरत है

कांग्रेस की सांसद रही ज्योति मिर्घा ने अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा कि राष्ट्र प्रथम है भारत को एकीकृत करने की दिशा में एक साहसिक कदम उठाने के लिए उन्होंने सरकार को बधाई दी

इसमें किसी भी सुरक्षा स्थिति पर विपरीत असर डालने वाली किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के बारे में विचार किया गया जनरल रणबीर सिंह ने कहा कि सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम कर लिए गए हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ दिनों में नियंत्रण रेखा के पास रिथत पाकिस्तानी ठिकानों में आतंकियों की संख्या बढ़ी है संघर्षविराम के उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी हैं और सोशल मीडिया से दुष्प्रचार में तेजी आई है

सभी शैक्षणिक संस्थाएं दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान ऐहतियात के तौर पर बंद रखे गए हैं समूचे जम्मू डिविजन में सीआरपीएफ कर्मियों और जम्मू कश्मीर पुलिस को तैनात किया गया है जो किसी भी अवांछित घटना को रोकने के लिए चौकसी बनाए हुए हैं

इन वार्डो के लिए रविवार को उपचुनाव हुए थे और आज मतगणना हुई भाजपा को अजमेर नगर निगम में एक वार्ड में और पाली के ताखतगढ में एक वार्ड में जीत मिली इसके अलावा सभी स्थानों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने एक ट्वीट कर कहा कि जनता ने समर्थन देकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना विश्वास जताया है

जिला कलेक्टर विश्वमोहन वर्मा ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे कुओं और बावड़ियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं

डॉ अग्रवाल ने मुख्यमंत्री व उद्योग मंत्री द्वारा प्रेषित प्रकरणों सीएमआईएस तथा अन्य पोर्टल के प्रकरणों का समयवद्व क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

पुलिस के अनुसार एक युवक का शव कल देर शाम निकाल लिया गया जबकि बाकी तीन की खोज रातभर जारी रही आज सुबह बाकी तीन युवकों के शव भी निकाल लिए गए गौरतलब है कि डूंगर बालाजी पहाड़ी क्षेत्र में कल सात युवक एक बरसाती गड़ढे पर गए थे इसी दौरान खेल खेल में गहरे पानी में चले जाने से चार युवक ड्रब गए थे

जयपुर में दोपहर को हुई तेज बारिश से कई जगह पानी भर गया उधर भरतपुर में काफी समय के अंतराल के बाद बारिश हुई हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार मूसलाधार बारिश से शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया